कोरोना संक्रमण में बढोतरी जारी है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

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे जारी किया रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर इस दवा को विकसित किया है भारतीय औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में इस दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि टू डी जी दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है श्री सिंह ने कहा कि संकट के समय में यह दवा आशा की नई किरण लेकर आई है

उन्होंने कहा कि आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणों ऑक्सीजन बिस्तरों और दवाओं की कोई कमी नहीं है

इस सेवा के जरिए प्रदेश की जनता को फोन के माध्यम से ही एक्सपर्ट डॉक्टरों से चिकित्सीय परामर्श मिल सकेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में सीमांत क्षेत्रों तक कनेक्टिविटि के साथ हेत्थ सिस्टम मजबूत करना सबसे बड़ी चुनौती है उन्होने कहा कि पिछले कुछ दिनों से यह देखने में आया है कि शहरी इलाकों में कोविड की स्थिति स्थिर बनी हुई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राफ बढ़ रहा है जिसको लेकर सभी अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं श्री रावत ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि तीसरी लहर के आने से पहले ही जरूरी तैयारी पूरी कर ली जाए जिसको लेकर पहाड़ के छोटे छोटे सेंटर पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है इस बीच एम्स के निदेशक प्रोफेसर रविकांत से बताया कि प्रोजेक्ट गरुड़ के लिए देशभर से मेडिकल और पैरामेडिकल के छात्रों के आवेदन माँगे गए थे

इस संबंध में उनको गोद देने के लिए बहुत सारे संदेश सोशल मीडिया पर चल रहे हैं केंद्रीय दत्तक स्त्रोत प्राधिकारण कारा के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्नल दीपक कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि भारत में बच्चों को गोद लेने के दो वैध तरीके हैं

दूसरा हिन्दू दत्तक एवं देखभाल अधिनियम है

मिलिट्री कोविड केयर सेंटर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून कैंप कार्यालय से अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित संयुक्त सिविल मिलिट्री कोविड केयर अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन किया

अस्पताल के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से शुरू किए गए इस अस्पताल का लाभ रानीखेत और आसपास के इलाकों के लोगों को मिल सकेगा मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन बैड की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं श्री रावत ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत से पहले ही सीएचसी व पीएचसी स्तर के अस्पतालों को मजबूत करना होगा उन्होने कहा कि जनता को जागरूक करना बेहद जरूरी है दवाई के साथ साथ कड़ाई भी करनी होगी उन्होने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग को और बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक लोगों को टेस्टिंग के लिए प्रेरित किया जाए उन्होने कहा कि आशा आंगनवाड़ी और ग्राम समिति के माध्यम से डोर टू डोर संक्रमितों तक कोविड किट पहुंचायी जाए

केदारनाथ धाम श्री केदारनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के बीच आज प्रातः खोल दिया गया है कोविड महामारी के दृष्टिगत इस अवसर पर केवल पुजारी और जिला प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी ही उपस्थित थे अधिकारियों के अनुसार कपाट खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखा गया था इस बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर सभी के आरोग्यता की कामना की है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण अस्थाई तौर पर यात्रा स्थगित है सभी लोग वर्घुअली दर्शन करें और अपने घरों में प्रजा अर्चना करें पर्यटनमंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि कोरोना महामारी समाप्त होने पर शीघ्र चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी

उन्होने बताया कि समिति ग्राम पंचायतों के नागरिकों के लिए कोविड संबंधी सभी आवश्यकताओं और जानकारी के लिए फर्स्ट प्वाइंट ऑफ कान्टेक्ट के रूप में कार्य करेंगे

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि उपलब्ध कराये गये आक्सीजन कन्संट्रेटर कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों के उपचार के लिए सहायक सिद्ध होंगे उन्होंने कहा कि जिले में आक्सीजन की कमी न हो इसके लिए आक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने में भी ट्रस्ट का सहयोग लिया जा रहा है उत्तरकाशी उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमण की बढ़ती आशंकाओं को देखते हुए जिला अस्पताल के अलावा जिले की सीएचसी चिन्यालीसौड़ पुरोला नौगाँव और कोविड अस्पताल गढ़वाल मंडल विकास निगम उत्तरकाशी में आक्सीजन बेड की क्षमता को बढ़ाया गया है इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ऑक्सीजन बेड स्थापित किए जाने का कार्य किया जा रहा है ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के कोविड मरीजों को जिला अस्पताल की अतिरिक्त दूरी तय ना करने पड़े जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रों में कोविड उपचार की आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता के साथ ऑक्सीजन बैड स्थापित किए हैं जिलाधिकारी ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा देश मे कोरोना की तीसरी लहर आने की भी आशंका जाहिर की गई है इसको देखते हुए भी जिले में स्वास्थ सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए है